मतदान के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना करवाई जा रही है

इस बीच केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए कृषि कानून किसानों की जमीनों को बेचने लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएंगे नए कानुनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करता और न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा जबकि सही तथ्य यह है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गांरटी की सुविधा होगी और किसी कारण से मुल्य भुगतान नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा वहीं न्यूनतम खरीद मुल्य की संरचना पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा सरकार ने कहा है कि यह कानून किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है

इससे पहले कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सहित कई लोग मौजूद रहे अंतिम संस्कार के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना की की गई

इनमें बाजारों में मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मुल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएसएफ के कार्मिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीएसएफ के जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हए कहा कि बीएसएफ अत्यंन वीरता और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज परमवीर चक से सम्मानित मेजर शैतान सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एचआईवी संकमण के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एड्स बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने को कहा है